सबसे अधिक कैमूर में चार लोगों की मौत की खबर

कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैला

प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान वजपात की घटनाओं में कम से कम सोलह लोगों की मौत हो गयी सबसे अधिक कैमूर में चार लोगों की मौत की खबर है पूर्वी चंपारण जिले में तीन पटना अरवल और जहानाबाद में दो दो तथा लखीसराय गया और कटिहार में एक एक व्यक्ति की मौत हो गयी पटना स्थित पुलिस लाईन में बारिश के दौरान कई पेड़ गिरने से कम से कम नौ पुलिसकर्मी घायल हो गये इधर कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश हुई है अभी भी आसमान में बादल छाये हैं और रूक रूक का बारिश हो रही है किशनगंज कटिहार बांका अररिया दरभंगा सीतामढ़ी पूर्वी चम्पारण पश्चिम चम्पारण गोपालगंज सारण बक्सर और औरंगाबाद जिले में कई स्थानों पर बारिश के कारण भारी जल जमाव हो गया है पटना में जल जमाव के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इधर मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है कुछ स्थानों पर बारिश के दौरान वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया गया है उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों के साथ ही राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में वर्षा के कारण प्रदेश में गंगा समेत अधिकतर नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी जारी है केन्द्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा नदी बक्सर पटना के गांधी घाट और हाथीदह में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है सोन नदी पटना के मनेर में खतरे के निशान से ऊपर है गंगा और सोन के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है इधर एनडीआरएफ ने गंगा नदी के किनारे बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में अपनी आठ टीमों को तैनात किया है कोसी बागमती घाघरा और गंडक नदी के जलस्तर में भी तेजी से बढ़ोतरी के कारण नदी के किनारे बसे इलाकों में भीषण कटाव हो रहा है हमारे बेतिया संवाददाता ने बताया कि वाल्मिकीनगर गंडक बराज से आज सुबह दो लाख छब्बीस हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया है जिला प्रशासन ने जल संसाधन विभाग के सभी इंजीनियरों को अलर्ट रहने को कहा है बाढ़ की आशंका को देखते हुये निचले इलाके में बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिये गये हैं पूर्णियां जिले में एके सैंतालीस राइफल बरामदगी मामले में वांछित कुख्यात हथियार तस्कर संतोष सिंह ने आरा स्थित एक अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया भोजपुर के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने बताया कि इस वर्ष फरवरी में पूर्णिया में एके सैंतालीस राइफल बरामदगी मामले में एनआईए को उसकी तलाश थी संतोष सिंह भोजपुर जिले का रहने वाला है गौरतलब है कि पुलिस ने पूर्णिया से म्यांमा की सेना के तीन एके सैंतालीस राइफल दो ग्रेनेड लॉन्चर और एक हजार आठ सौ पचास कारतूस बरामद किये थे इस मामले में गिरोह के सरगना मुकेश समेत छह अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं मुजफ्फरपूर बालिका गृह यौन शोषण कांड की पीड़िता के साथ बेतिया में सामूहिक दुष्कर्म मामले में प्रलिस ने पांचवें आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने बताया कि सभी आरोपियों का मेडिकल टेस्ट कराकर जेल भेज दिया गया है वारदात में इस्तेमाल वाहन को जब्त करने के लिए छापेमारी की जा रही है इधर आज राष्ट्रीय महिला आयोग की एक टीम बेतिया पहुंचकर प्रे मामले की जानकारी लेगी केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना में फर्जीवाड़ा करने वाले अस्पतालों और लोगों के नाम सार्वजनिक किये जायेंगे नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि जब से यह योजना शुरू हुई है तक से धोखाधड़ी के बारह सौ मामलों की पुष्टि हुई है जिन अस्पतालों के द्वारा धोखाधड़ी की गयी है उनपर कार्रवाई की जा रही है उन्होंने बताया कि योजना के अन्तर्गत बाईस हजार स्वास्थ्य और सम्पूर्ण स्वास्थ्य कोन्द्र काम कर रहे हैं और दस करोड़ लाभार्थियों को ई कार्ड जारी किया गया है

उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि झारखंड में निबंधित वाहनों को प्रदेश में फिर से रजिस्ट्रेशन कराना होगा श्री मोदी ने कहा कि बिना बिहार में निबंधन कराये दूसरे राज्यों के वाहनों को परिचालन की अनुमति नहीं होगी उन्होंने कहा कि ऐसा देखा जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन शुल्क से बचने के लिए लोग झारखंड और दूसरे राज्यों से वाहन खरीदकर बिहार में चला रहे हैं इस पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई की जायेगी उपभोक्ता मामलों के केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक का विकल्प मिलने तक पैकेज्ड पानी की बोतल बंद नहीं होगी नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अभी पानी की बोतल का जो विकल्प बताया जा रहा है वो काफी मंहगा है श्री पासवान ने कहा कि बोतल बंद पानी पर अचानक से रोक नहीं लगायी जा सकती क्योंकि यह क्षेत्र बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है

प्रदेश के सूखा प्रभावित जिलों में अगले महीने के पहले सप्ताह से कृषि इनपुट सब्सिडी के लिए सर्वे का काम शुरू होगा कृषि विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि क्षेत्र निरीक्षण के लिए विभागीय अधिकारी कृषि वैज्ञानिक और स्थानीय जिला प्रशासन के अधिकारियों की टीम का गठन होगा यह टीम जिला और प्रखंडवार सिंचाई के बगैर सूख रहे फसलों की रिपोर्ट तैयार करेगी इसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार किसानों को कृषि इनपुट सब्सिडी प्रदान करेगी गौरतलब है कि राज्य सरकार अभी तक अठारह जिलों के एक सौ दो प्रखंडों के आठ सौ छियानवे पंचायतों को सूखा प्रभावित घोषित कर चुकी है उच्चतम न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा है कि ऐसे गैर सरकारी संगठन सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आयेंगे जिन्हें सरकार से भारी आर्थिक मदद मिलती है न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरूद्व बोस की पीठ ने यह व्यवस्था देते हुये कहा कि ऐसे संगठन सार्वजनिक प्राधिकार माने जायेंगे और आरटीआई के तहत सूचना देने के लिए बाध्य होंगे पीठ ने यह भी कहा कि सरकार से प्रत्यक्ष या रियायती दर पर जमीन के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त सहायता पाने वाले स्कूल कॉलेज और अस्पताल जैसे संस्थान भी आरटीआई कानून के तहत नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए बाध्य हैं प्रदेश के प्रारंभिक विद्यालयों में बिना जन्म प्रमाण पत्र के भी बच्चों का नामांकन होगा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखा है पत्र में कहा गया है जन्म प्रमाण पत्र नहीं रहने पर बच्चों के नामांकन से इंकार नहीं किया जा सकता है पत्र में यह भी कहा गया है कि अभिभावकों को एक तय समय सीमा के भीतर जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त कर विद्यालय में जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाये वित्त विभाग ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को द्र्गा पूजा से पहले वेतन भुगतान के निर्देश दिये हैं विभाग ने स्थापना मद से वेतन पाने वाले सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन भूगतान पच्चीस सितम्बर तक करने का निर्देश दिया है पटना जिले के कादिरगंज थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव में दरधा नदी में डूबने से चार बच्चों की मौत हो गयी लखीसराय जिले में सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव के पास अपराधियों ने हथियार के बल पर एक व्यापारी से ढाई लाख रुपये लूट लिये

सबसे अधिक कैमूर में चार लोगों की मौत की खबर

कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैला